खराब ग्णवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की तैयारी

कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें व्हीकन स्क्रैपिंग नीति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की इसका उददेश्य प्रद्वषण फैलाने और खराब ग़णवत्ता वाले वाहनों को चरणबदध तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करनी है इस नीति पर सदन में बयान देते हए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रद्वषण फैलाने वाले वाहनों को कम करने से ऑटो मोबाइल क्षेत्र में परिवर्तन आएगा इससे वाहनों की ईंधन खपत कम होगी उद्योगों के लिए कम कीमत में कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और जीएसटी में वृद्धि होगी

व्हीकल स्क्रैपिंग नीति की विशेषताओं को बताते हए उन्होंने कहा कि खराब ग्णवत्ता वाले या पंजीकरण का नवीनीकरण न कराने वाले निजी वाहनों की वैधता बीस साल के बाद खत्म कर दी जाएगी

फिटनेस जांच और स्क्रैपिंग केन्द्रो के लिए नियम इस वर्ष पहली अक्टूबर तक अधिसूचित कर दिये जाएंगे जल जीवन मिशन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में आमजन को पेयजल की समस्या न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं पर अभी से तैयारियां कर ली जाएं उन्होंने कल जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री ने वॉटर टैंकर्स की संख्या बढ़ाने और हैण्डपम्प की व्यवस्था करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा तक पूरा कर लिया जाए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित समय में लक्ष्य पुरा हो इसके लिए जल संस्थान और जल निगम दवारा प्रत्येक दिन का टारगेट निर्धारित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्म काल में पेयजल की समस्या के बचने के लिए आवश्यक है कि वॉटर सोर्स पर ध्यान दिया जाए उन्होंने कहा कि जल संरक्षण पर फोकस किया जाना चाहिए इसके लिए मानसुन से पहले तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाएं ताकि वर्षा जल संचित किया जा सके और भूजल की उपलब्धता बनी रहे न्निवेंद्र कार्यकाल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि भाजपा सरकार में उन्हें करीब चार साल प्रदेश की जनता का सेवा का मौका मिला इस दौरान उन्होंने प्रदेश में विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए सभी कार्य ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किये गए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को सरकार से जो अपेक्षाएं होती हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश की गई उन्होंने कहा कि राज्य के लिए शहीद हए आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का उनके कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसला लिया गया

वहां अवस्थापना विकास पहली प्राथमिकता रही

उन्होंने कहा कि इस बात पर गर्व है कि लगभग चार साल के शासन में वो उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने में कामयाब रहे

प्रदेश की तीन दिनों की यात्रा पर देहरादुन आये नाबार्ड के डीएमडी ने बैंकर्स के साथ आयोजित बैठक में राज्य के विकास के लिए बैंकों को क्षेत्र विशेष की जरूरत के अन्सार बैंकिग प्रोडक्ट तैयार करने की जरूरत पर बल दिया ताकि मांग के अन्सार पूर्ति संभव हो पाए उन्होंने कहा कि कोविड के कारण सभी बैंक किसी न किसी रूप मे जरूर प्रभावित हए हैं उन्होंने भविष्य की चूनौतियों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की सलाह दी उन्होंने कहा कि बैठक में बताई समस्याओं को नाबार्ड अपनी योजनाएं बनाते समय ध्यान में रखेगा ताकि योजनाओं को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित किया जा सके नाबार्ड के डीएमडी की उत्तराखंड यात्रा का मुख्य उददेश्य राज्य के विकासात्मक कार्यों में नाबार्ड के योगदान को देखना और बैंकर्स की च्नौतियों और समस्याओं को जानना है

इसी क्रम में आज रानीखेत के मजखाली में हेलीकॉप्टर से उतरकर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखना और उनके ठिकानों का पता लगाने जैसी बारीकियों का अभ्यास किया गया इस दौरान एयरफोर्स के अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी दस दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध की बारीकियों को साझा कर रहे हैं यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा अभ्यास के दौरान काउंटर टेरेरिज्म और काउंटर इंसर्जेसी पर फोकस किया जा रहा है

रेलवे कर्मचारियों की सूझ बूझ से बड़ा हादसा टल गया

इस दौरान रेल कर्मचारियों ने सभी रेल क्रॉसिंग को बंद कर दिया और रेल ट्रैक में मिट्टी और पत्थर बिछा दिये जिसके बाद ट्रेन नंदना प्ल के पास रुकी बाद में यात्रियों को बसों से गन्तव्य स्थल के लिए रवाना किया गया हाईकोर्ट वन गर्जर उतराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में वन ग्र्जरों के संरक्षण और विस्थापन करने के मामले में दायर जनहित याचिकाओ की सुनवाई करते हए सरकार को दोबारा से कमेटी के पुनर्गठन के निर्देश दिये हैं साथ ही नयी कमेटी को वन ग्र्जरों से ज्ड़े सभी बिन्द्ओं पर हर महीने बैठक कर तीन महीने में हल निकालने को कहा है

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन और रैणी में संचालित सर्च ऑपरेशन और राहत कार्यों का निरीक्षण किया उन्होंने एनटीपीसी को तपोवन टनल और बैराज से मलबा निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने टनल के अंदर रेस्क्यू टीम की सुरक्षा के लिए सायरन सिस्टम को रेग्यूलर चेक करने के निर्देश दिए बैराज साइड पर भी मलबे में लापता लोगों की खोजबीन का कार्य लगातार जारी है

बैराज साइड पर मलवा निस्तारण के लिए पर्याप्त मशीनें लगाई गई है

गोष्ठी चंपावत चंपावत में कोरोना वैक्सीनेशन और वनाम्नि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण के टीकाकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान के तहत अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाने का आग्रह किया गया गोष्ठी में वनाम्नि पर भी जानकारी दी गयी साथ ही कोविड टीकाकरण और वनाग्नि स्रक्षा के लिए जिला स्तर से भी नोडल अधिकारी नामित किये गए मुदा स्वास्थ्य कार्ड बागेश्वर जिले के खातीगांव कप्री में कृषि और उदयान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हआ इसमें काश्तकारों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई